युवाओं से निर्भीक होकर टीका लगवाने की अपील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

श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पीएम किसान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आठवीं किस्त जारी करेंगे

प्रधानमंत्री इस अवसर पर क्छ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे केंद्रीय क्रषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे

यह राशि हर चार महीने में तीन किस्तों में दी जाती है प्रत्येक किस्त में दो हजार रूपये किसानों के खातों में भेजे जाते हैं

भारत में पिछले तीन दिन में दैनिक कोविड मरीजों की संख्या और संक्रमण दर में स्थिरता आई है

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि डॉक्टर एन के अरोडा की अध्यक्षता में कोविड कार्य समूह ने कोविशील्ड के पहले और दूसरे टीके के बीच अंतर बढ़ाने की सिफारिश की है

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि कोवैक्सीन के दोनों टीकों के बीच अंतराल में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है रांची जिले के उपायुक्त रांची छवि रंजन ने पंचायती राज संस्थानों के कार्यकारी समितियों के प्रधानों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत की

उपायुक्त ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने अपने क्षेत्र में लोगों के लिए रोल मॉडल बने उपायुक्त ने जनप्रतिनिधियों से टीका लेने के साथ दूसरों को भी जागरूक करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में टीकाकरण से जुड़ी विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करें

गुमला जिले में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों के समुचित ईलाज के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी को लेकर उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बैठक की

उपायुक्त ने सभी फ्रंटलाइन कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों का शत प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया

राज्य में अठारह वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण कल से शुरू हो रहा है इसके मददेनजर सभी जिलों में इसकी तैयारी कर ली गयी है सभी जिलों को वैक्सीन उपलब्ध करा दी गयी है रांची और बोकारो जिले में सबसे अधिक लोगों ने टीका के लिए निबंधन कराया है

उन सभी को कल से टीका लगाया जायेगा श्री सिन्हा ने बताया कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें पहले वैक्सीन लगायी जाएगी उधर सरायकेला खरसांवा जिले के सदर अस्पताल सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अनुमंडल अस्पताल में टीकाकरण की तैयारी हो गयी है जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल ने वरीय पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर अभियान को सफल बनाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किये हैं वैक्सीनेशन के लिए सभी पदाधिकारियों को अलग अलग प्रखंड का दायित्व दिया गया है उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए गांव के मुंडा मानकी एवं समाजसेवियों को सहयोग लिया जाएगा रामगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है मरीजों के बेहतर उपचार हेत् व्यवस्था सुनिश्चित करने लिए तीव्र गति से कार्य किया जा रहा है

उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि इसमें वैसे संक्रमित मरीजों को भर्ती किया जायेगा जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता होगी

इस पर प्रयास चल रहा है और इसे जल्द लागू किया जाएगा

कृषि मंत्री ने कहा कि संकमण से बचने के लिए किसान सतर्कता बरते और अपने निकटतम टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन लगवायें प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने कहा कि झारखंड में मॉनसून संताल परगना और कोल्हान प्रमंडल के रास्ते प्रवेश करता है इसलिए सरकार ने पहले चरण में इन जिलों में धान बीज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है शेष अन्य जिलों में भी समय पर किसानों को धान बीज उपलब्ध करा दिया जायेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमणा ने पत्रकारों के लिए आज सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टिंग के लिए आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन की शुरूआत की इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश रमणा ने देश में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान समय सम्मानित सिद्वांत के रूप में पारदर्शिता पर बल दिया मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तक आम लोगों की पहुंच महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे देशभर के लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है उन्होंने कहा कि सूचना प्रदान करने की प्रक्रिया में मीडिया की अहम भूमिका है न्यायमूर्ति रमणा ने कहा कि मोबाइल ऐप पत्रकारों के लिए कोविड महामारी के दौरान उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही की जिम्मेदार और निष्पक्ष तरीके से सुरक्षित कवरेज सुनिश्चित करेगा मुख्य न्यायाधीश ने यह भी बताया कि उच्चतम न्यायालय में अदालती कार्यवाही का सजीव प्रसारण शुरू करने के बारे में भी प्रयास किए जा रहे हैं देशभर में ईद कल मनायी जायेगी कोरोना संकमण के मद्देनजर मुस्लिम समुदाय के लोग इस बार भी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही ईद का त्योहार मनायेंगे मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जायेगी लोग अपने घरों में ही परिवार संग नमाज पढ़ेंगे और ख्रशियां बांटेंगे इधर ईद की पूर्व संध्या पर उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ईद उल फितर की बधाई दी है उन्होंने कहा है कि ईद उल फितर सामुदायिक भाईचारे तथा एकजुटता का प्रतीक है यह त्योहार हमारे जीवन में करूणा परोपकार और उदारता की भावना और महत्व को सुदृढ़ करता है इधर राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच सुरक्षित तरीके से ईद मनाने को लेकर भी प्रशासनिक स्तर पर दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं सिमडेगा में अनुमंडल पदाधिकारी महेन्द्र कुमार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं और अंजुमन के पदाधिकारियों से कहा कि महामारी को देखते हुए ईद का त्योहार घरों पर ही मनाएं और सरकार के द्वारा जारी आदेश का पालन करें नमाज अपने अपने घरों में ही अदा करें उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पूरी तरह पालन करें उन्होने मुस्लिम समुदाय के लोगों से जल्द से जल्द टीका लेने की अपील की

सरायकेला खरसावां जिले में कोरोना संक्रमण के कारण घर पर ही ईद मनायी जायेगी जिला मुख्यालय सरायकेला खरसावां गम्हरिया आदित्यपुर चांडिल आदि प्रखंड में लोग संकमण से बचाव के लिए घर पर ही ईद मनाने की तैयारी कर रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी ईद लॉकडउन के निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जायेगा चाईबासा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने घरों में परिवार के लोगों के साथ ईद का पर्व मनाने का निर्णय लिया है इस बार मस्जिदों और ईदगाह में सामूहिक नमाज नहीं पढ़ी जायेगी लोग एक दूसरे से गले भी नहीं मिलेंगे और हाथ न ही मिलाएंगे